मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट दो हजार उन्नीस का किया शुभारम्भ कहा प्रदेश में पर्यटन की है अपार संभावनाएं केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने तेल आयात कम करने और स्थायी ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जैव ईंधन के इस्तेमाल पर दिया बल रक्षाबंधन पर्व पर राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रूस के दौरे पर रवाना हो गये अपनी तीन दिवसीय यात्रा में मुख्यमंत्री वहां व्यापारिक संभावनाए तलाशेंगे इस दौरे में उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा गोवा और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पर गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के पचास उद्यमी भी शामिल होंगे जो खाद्य प्रसंस्करण सिंचाई कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसर देखेंगे राज्य के संबंधित विमाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट दो हजार उन्नीस का शुभारम्भ किया देश दुनिया से आये ट्र आपरेटर्स और टूरिस्ट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं है और इन्हें बेहतर बनाने में टूर आपरेटर्स की बड़ी भूमिका हो सकती है उन्होंने कहा कि पर्यटक और पर्यटन के बीच टूर आपरेटर्स पुल का काम करते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क और हवाई सम्पर्क पहले से बेहतर हुआ है और यहां एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई है ग्यारह नये एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है जेवर में इंटर नेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है उन्होंने कहा कि टूरिज्म को लेकर सरकार निरन्तर काम कर रही है

आप जैसे ट्रर आपरेटर्स के लिये एक बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है खासतौर पर पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास मौजूद है

इस ट्रैक्ल मार्ट में उन्नीस देशों के उन्वास टूर ऑपरेटर्स हिस्सा ले रहे हैं जिसमें इक्कीस भारतीय टूर ऑपरेटर्स है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कश्मीर से तीन सौ सत्तर एवं पैंतीस ए हटने से कश्मीर और कश्मीरी मुख्य धारा में शामिल हो गये हैं इससे आम कश्मीरी का कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि अलगाववाद एवं आतंकवाद का खात्मा हुआ है अब कश्मीर और कश्मीरियों का विकास होगा कल गोरखपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के साहस के चलते कश्मीर से अनुछेद तीन सौ सत्तर एवं पैंतीस ए का कलंक हटा है इस कार्य से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सरदार बल्लम भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजेयी का सपना पूरा हुआ कश्मीर में अब पिछडे लोगों का विकास होगा और कश्मीरी पण्डितों को भी उनका सम्मान वापस मिलेगा कल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया यह दिन पारम्परिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल ट् जी एथनॉल कम्प्रैस्ड बायोगैस और बायो डीजल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जायेगा इससे जैव ईंधन आयात पर निर्मरता कम करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी और देश के लिए सतत ऊर्जा सुनिश्चित हो सकेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा सेवाओं के एकल पुरूष कर्मियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश सीसीएल का लाभ मिलेगा और रक्षा सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों को इसमें कुछ और छूट दी गई हैं रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग असैनिक अधिकारियों को यह सुविधा देने के हाल के आदेश के अनुरूप की गई है अभी सीसीएल रक्षा सेनाओं की महिला अधिकारियों को ही मिलती है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कल बरेली जिले में मंडलीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को संचारी रोगों से निपटने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये स्वास्थ्य मंत्री ने गांवों में लगातार फॉगिंग करने मरीजों की खुन की जांच करने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मरीजों का इलाज मशीनों से किया जायेगा यह फैसला डॉक्टरों की कमी को देखते हए लिया गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के लिये पांच सौ मशीनों की केन्द्र सरकार से मांग की गई है यह मशीने खून की जांच रक्तचाप और धड़कन नापने का काम करेंगी श्री सिंह ने बताया कि इन मशीनों के माध्यम से दूर बैठे डॉक्टर टेली कांफ्रेंसिंग पर मरीजों से बात कर सकेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ और सुरेन्द्र नागर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है दोनों नेताओं ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनका स्वागत किया पिछले एक महीने में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले संजय सेठ तीसरे सांसद हैं संजय सेठ अखिलेश परिवार के काफी करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी थे रक्षाबंधन पर्व पर पन्द्रह अगस्त को राज्य परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं के लिये निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है इस संबंध में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र देव सिंह ने बसों की विशेष व्यवस्था के लिये परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हए बताया कि यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर तेरह अगस्त से अट्ठारह अगस्त तक अतिरिक्त बसे संचालित की जायेंगी इस दौरान दिल्ली मेरठ सहारनपुर आगरा मुरादाबाद बरेली लखनऊ कानपुर गोरखपुर प्रयागराज और वाराणसी सहित अन्य प्रमुख नगरों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिये परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित शहजादपुर गांव के पास गंगा नदी पर दो सौ अड़तालीस करोड़ से अधिक रूपये की लागत से बनने वाले एक हजार दो सौ बहत्तर मीटर लम्बे पुल का शिलान्यास किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने एक सौ तेरह करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित एक सौ चौदह किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कों का लोकार्पण और कई अन्य सड़कों का शिलान्यास भी किया अगस्त क्रांति पर कौशाम्बी की सिराथू तहसील के शहजादपुर गांव में आयोजित सैनिक समारोह में श्री मौर्य ने भूतपूर्व सैनिकॉ को सम्मानित किया